प्रदेश में अब महिलाओं को भी संपत्ति में सहखाताधारक बनने का मौका मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से समाधान निकालना सरकार की नीति है मुख्यमंत्री ने आज प्रथम नयारघाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया उन्होंने कहा प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं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

बदरीनाथ कपाट बदरीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिये गए इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था बदरीनाथ में भारी बर्फबारी के कारण सर्द मौसम के बावजूद कपाट बंदी के अवसर पर पांच हजार से अधिक श्रद्वाल् मौजूद रहे गढ़वाल स्काउट के बैंड की मध्यर धनों के बीच यह कार्यक्रम संपन्न हुआ कल सुबह बदरीनाथ धाम से श्री उद्वव जी और श्री कुबेर जी पांड्केश्वर और आदिग्रु शंकराचार्य की गद्दी पांड्केश्वर होते हुए न्सिंह मंदिर जोशीमठ के लिए रवाना होगी परसों शंकराचार्य जी की गद्दी नृसिंह मंदिर जोशीमठ में विराजमान हो जाएगी

इस वर्ष चारधाम यात्रा पर सवा तीन लाख यात्री पहंचे

इस बार कोरोना संक्रमण के चलते दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखा गया और चारधामों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का ध्यान रखा गया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देश विदेश के श्रद्धाल्ओं को श्भकामनाएं दीं

बाबा मद्महेश्वर के जयकारों के बीच सुबह सात बजे मंदिर के कपाट बंद किये गए इस अवसर पर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी वेदपाठी प्जारी स्थानीय लोग और सीमित संख्या में श्रद्वाल् मौजूद रहे श्री मम्महेश्वर की उत्सव डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और प्रथम पड़ाव गौंडार गांव के लिए रवाना ह्ई

इसी दिन परंपरागत रूप से मद्महेश्वर मेला आयोजित होगा

कल शाम कैबिनेट की बैठक में इसकी सैद्वांतिक मंजूरी दी गई मंत्रिपरिषद की एक समिति बनाई जाएगी जो इस बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी

सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि अपना रोजगार श्रू करने के लिए बैंकों से कर्ज लेने में महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इसलिए सरकार ने उनकी समस्या पर ध्यान देते हए संपत्ति में उनको सहखातेधारक बनाने का फैसला किया है श्री कौशिक ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के लिए निजी बिल्डरों के लिए क्छ छूट देने के साथ ही घर खरीदार अब नकदी की बजाय जमीन को बंधक रख सकेंगे सरकार ने फिलहाल राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की अन्मति नहीं दी बैठक में इस पर विचार हआ लेकिन त्योहारी सीजन में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस महीने डिग्री कॉलेज खोलने की अन्मति नहीं दी गई इसके साथ ही बैठक में यह फैसला भी किया गया कि कुमाऊं विश्वविदयालय और श्रीदेव स्मन विश्वविद्यालय से कला विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के टॉपर छात्रों को सरकार प्रस्कृत करेगी

आज बेंगल्रू टेक सम्मेलन का वर्च्अल माध्यम से उद्घाटन करते हए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए उन्होंने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने और लोगों को सशक्त करने की दिशा में स्वामित्व योजना एक ऐसी ही पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है उन्होंने कहा कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहंचाना और उन्हें आवास दिलाना हो इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है एडवेंचर स्पोर्टस फेस्टिवल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रथम नयारघाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन करते हए नयारघाटी में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पैराग्लाइडिंग हॉट बैलून जैसे साहसिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं इन साहसिक खेलों के विशेषज्ञ कम हैं इस अवसर पर कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुंबोध उनियाल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से गांव आबाद होंगे उन्होंने कहा कि सरकार गांवों में आमदनी बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रही है प्रदेश में शहद के उत्पादन की संभावना देखते हुए मध् ग्राम स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कार्यक्रम में मौजूद सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नयारघाटी में पर्यटन की नयी संभावनाओं ने य्वाओं को सूनहरा मौका दिया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अत्याध्निक उपकरणों से लैस एम्ब्लेंस के उद्घाटन के साथ ही अन्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया

हस्तशिल्प कार्यशाला अल्मोड़ा में हस्तशिल्प के विकास के लिए आज से तीन दिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया जा रहा है कार्याशाला के माध्यम से हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को विभागों दवारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा किया जा सके इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अन्सूचित जाति और जनजाति वर्ग के हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए अनेक योजनायें संचालित की जा रही है जिसका मकसद हस्तशिल्पियों को स्वालम्बन की ओर बढ़ाना है उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के ताम्र उद्योग का गौरवशाली प्राचीन इतिहास रहा है और तांबे के बर्तनों का धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में विशेष महत्व है इस मौके पर हस्त शिल्प मंत्रालय के प्रोजेक्ट मैंनेजर स्रैंद्र क्मार ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य हस्तशिल्पियों को जागरूक करना है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके हुर्बोला दौरा चंपावत चम्पावत जिले के टनकपुर और बनबसा क्षेत्रों में नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र हर्बोला निरीक्षण के लिए पहंचे उन्होंने टनकप्र में क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली उन्होंने सभी अधिकारियों को पर्यावरण को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं से अवगत कराया औऱ पर्यावरण संरक्षण के लिए सुझाव दिये राज्यमंत्री हर्बोला ने सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट बायोमेडिकल वेस्ट हजार्ड वेस्ट कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही ई वेस्ट के निस्तारण के उपायों के बारे में विस्तार से बताया

इस संबंध में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक में जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गयी

बैठक में जिलाधिकारी इवा अशीष श्रीवास्तव ने उद्योग महाप्रबन्धक को निर्देश दिये कि तपोवन क्षेत्र में जहां विदेशी पर्यटकों की आवाजाही अधिक हो वहां इम्पोरियम खोलने के लिए भूमि का चयन कर लिया जाए ताकि हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों के लिए मार्केट तैयार किया जा सके बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डायरेक्टर जनरल फॉरन ट्रेड अमित शर्मा भी वीसी के माध्यम से शामिल हुए